मास्क पहनें दो गज़ दूरी है ज़रूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज चेन्नई में मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन राष्ट्र को समर्पित किया श्री मोदी ने कहा कि इस स्वदेशी टैंक को देश को समर्पित करते हुए वे गर्व का अनुभव कर रहे हैं यह टैंक भारतीय सीमाओं की सुरक्षा के साथ साथ देश की एकता को भी प्रदर्शित करते हैं यह अत्याधुनिक युद्धक टैंक रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा स्वदेशी रूप से विकासित निर्मित और डिजाइन किया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मथुरा और वृंदावन में चार सौ ग्यारह करोड़ रूपये लागत की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया इस अवसर पर श्री योगी ने संतों से वृन्दावन में सोलह फरवरी को होने वाली वैष्णव कुंभ मेला बैठक को भव्य और दिव्य बनाने तथा ब्रज क्षेत्र के सम्मान को बरकरार रखने का आहवान किया उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतत्व में देश और राज्य विकास की ओर निरंतर अग्रसर हैं इस दौरान श्री योगी ने पर्यटक सुविधा केन्द्र पर पांच सौ सत्तासी संत और धर्माचार्यो को भोजन परोसने की शुरूआत स्वयं की

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने स्वामी ग्यानानंद महाराज और अनेक धर्माचार्यो के साथ मुलाकात कर ब्रज क्षेत्र के विकास की रूपरेखा पर चर्चा की

अपने सरकारी आवास पर कल इन पुरस्कार विजेताओं से संवाद करते हुए श्री योगी ने कहा कि वे सभी बधाई के पात्र हैं क्योंकि उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर राज्य का नाम रोशन किया है श्री योगी ने कहा कि भारतीय संस्कृति कहती है कि कोई भी अयोग्य नहीं है जरूरत है एक योग्य योजक की जो व्यक्ति को समाजोपयोगी बना सके इस राष्टोय पुरस्कार से लखनऊ के व्योम आहूजा को कला और संस्कृति बाराबंकी के कुंवर दिव्यांश सिंह को बहादुरी गौतमबुद्ध नगर के चिराग भंसाली को इनोवेशन अलीगढ़ के मो शादाब को शैक्षणिक गतिविधि और प्रयागराज के मो राफ़े को खेल में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया है

श्री सहगल आज लखनऊ में प्रेस प्रतिनिधियों से बातचीत कर रहे थे उन्होंने बताया कि राज्य सरकार किसानों के हितों के लिए कृत संकल्प है और किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के मुताबिक उनकी फसल को खरीदे जाने की प्रक्रिया तेजी से जारी है

श्री सहगल ने कहा कि धान क्रय केन्द्रों पर किसी तरह की लापरवाही या अनियमितता की शिकायत मिलने पर जिलाधिकारी जिम्मेदार होंगे मुख्यमंत्री श्री योगी के निर्देश पर सभी जिलाधिकारियों से धान क्रय केन्द्रों का लगातार सत्यापन अन्श्रवण और औचक निरीक्षण करने को कहा गया है अपर मुख्य सचिव ने यह भी बताया कि राज्य सरकार युवाओं को सरकारी नौकरी के साथ साथ कौशल प्रशिक्षण और स्वरोजगार योजना के ज़रिए रोजगार उपलब्ध कराने के लिए मिशन रोजगार चला रही ह इस क्रम में सभी आयोगों विभागों निगमों और परिषदों में रिक्तियां भरने के लिए प्रक्रिया की जा रही है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

राज्य में कोविड संक्रमण के मामलों में तेजो से कमी आ रही है

राज्य सरकार ने शैक्षणिक और अन्य संस्थाओं को चरणबद्ध तरीक से खोलने के आदश दिये हैं

उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फ्रंट लाइन वर्कर्स के टीकाकरण के कार्य को तेजी से करने के आदेश दिए हैं और कहा कि टीका लाभार्थियों को समय रहते टीका लगने के स्थान और समय की जानकारी दी जाए एम एस यादव आकाशवाणी समाचार लखनऊ भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा है कि हाल में केन्द्र सरकार द्वारा पेश किया गया आम बजट जहां एक ओर संक्रमण के चलते जीडीपी में आई गिरावट की भरपाई करने मे मददगार होगा वहीं दूसरी तरफ यह आर्थिक विकास के साथ साथ व्यापक स्तर पर रोजगार सृजन भी करेगा श्री पाल आज अपने संसदीय क्षेत्र के बासी तहसील में लोगों को सम्बोधित कर रहे थे इस अवसर पर श्री पाल ने कहा कि बजट में आधारभूत संरचना को बढ़ावा देकर आर्थिक विकास में तेजी लाने का प्रयास किया गया है वहीं कृषि क्षेत्र क विकास क लिये महत्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं केन्द्रीय श्रम और रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने आज बरेली में आला हजरत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखा कर रवाना किया उत्तर रेलवे द्वारा संचालित इस ट्रेन को अपग्रेड किया गया है ताकि आम नागरिकों को कोरोना काल में सुरक्षित सफर की सुविधा मिल सके रेलगाड़ी के डिब्बों का नवीनीकरण करने के साथ साथ इसमें सेनिटाइजर और सोप डिस्पेंसर की व्यवस्था भी की गई है इस अवसर पर श्री गंगवार ने कहा कि ट्रेनों का संचालन पुनः सामान्य हो रहा है और जल्द ही अन्य पैसेंजर टने भी पहले की तरह चलना शुरू हो जायेंगी पुलवामा हमले में शहीद अमित कोरी की प्रतिमा का अनावरण आज शामली में प्रदेश के गन्ना विकास मंत्री सुरेश राणा ने किया इस मौके पर श्री राणा ने कहा कि राष्ट्र रक्षा के लिये जिले के जाबाजों ने अपने प्राणों की आहुति देकर न सिर्फ अपने कर्तव्य को निभाया बल्कि जनपद का नाम भी रोशन किया है उन्होंने कहा कि इन शहीदों की आहुति को हमेशा याद रखा जायेगा और आने वाली पीढ़ो इससे प्रेरित होगी पुलवामा हमले में ज़िले के अमित कोरी के साथ साथ बनत कस्बे के प्रदीप प्रजापति भी शहीद हो गये थे इनकी स्मृति में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या मे स्थानीय लोगों ने भाग लिया इस मौक़े पर जिले के प्रभारी राज्यमंत्री अजित पाल सिंह और भाजपा के वरिष्ठ नेता हरवीर मलिक भी मौजूद थे उत्तराखंड के चमोली जिले में रैणी गांव और तपोवन स्थित एनटीपीसी परियोजना स्थल पर आई भंयकर बाढ को सात दिन बीत चुके हैं आज भी इन स्थानों पर बचाव और राहत कार्य तथा लापता लोगों की तलाश का काम लगातार जारी है आज सुबह सुरंग से पांच शवों को निकाला गया है

आकाशवाणी से बातचीत में चमौली की जिलाधिकारी स्वाति भदौरिया ने बताया कि बरामद शवों की पहचान के बाद उन्हें परिजनों क सुपुर्द किया जा रहा है उन्होंने बताया कि बचाव दल फंसे लोगों को जिदा बाहर निकालने की हर संभव कोशिश कर रहा है समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक ज्वाला प्रसाद यादव का आज जौनपुर में निधन हो गया वह उन्हत्तर वर्ष के थे और लम्बे समय से बीमार थे स्वर्गीय यादव जिले की मछली शहर विधानसभा सीट से चार बार विधायक रहे राज्य विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता रामगोबिन्द चौधरी सहित कई नेताओं ने स्वर्गीय यादव के निधन पर शोक व्यक्त किया है

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में कहा था कि जल जीवन मिशन शहरी के तहत अगले पांच सालों में दो करोड़ छियासी लाख घरों को पाइप के जरिए पानी मुहैया कराया जायेगा